भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने नारेबाजी न करके निर्णायक कार्य किए हैं आज मेरठ में लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का प्रचार अभियान शुरू करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में समाज में या देश के किसी भी कोने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस तक विकास का लाभ न पहुंचा हो श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य पर चलते हुए नये भारत के निर्माण के लिए काम किया है हमारा विजन नए भारत का है ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अुनरूप ही वैभवशाली होगा एक ऐसा नया भारत जिसकी नयी पहचान होगी जहां सुरक्षा समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे सुरक्षा देश के दुश्मनों से सुरक्षा आतंकवाद से सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस दिखाया है पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है जमीन हो आसमान हो या फिर अंतरिक्ष सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने सिखाया चार दशक से हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया विपक्ष की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश के विकास के लिए काम किया है जबकि विपक्ष के पास विकास की कोइ स्पष्ट नीति नहीं है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को राजनीतिक अवसरवादिता बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर लोगों ने इन्हें चुना तो उत्तर प्रदेश में फिर से अपराध बढ़ेंगे और विकास थम जाएगा स्वयं को चौकीदार बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और हर नागरिक के लिए बैंक खाता खोलने की पक्की व्यवस्था की है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है और एनडीए सरकार ने उनके विकास के लिए ऐतिहासिक उपाय किए हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की फसल का सरकारी खरीद मूल्य डेढ़ गुना करने की मांग पूरी कर दी है श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश के गरीबों के साथ धोखा किया है

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने वादों और जनता से जुड़ मुद्दों का मेरठ की रैली में कोई हिसाब किताब नहीं दिया वहीं प्रधानमंत्री की इस रैली के भाषण पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वोटर पर अपने बयान में कहा कि वास्तव में बीजेपी जनता को पांच सालों से सिर्फ सपना दिखा रही है कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में तीन दिन के चुनाव दौरे पर हैं आज उन्होंने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बूथ कार्यकर्ताओ के साथ बैठक की उनका कल फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र जाने का भी कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन इस समय समूचे विश्व के सामने बड़ी चुनौती है और इससे निपटने का सबस अच्छा तरीका प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली अपनाना है आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्री नायडू ने कहा कि इसके लिए प्रकृति की जानकारी और विज्ञान की पूरी सूझ बूझ विकसित करना जरूरी है भारत और अमरीका ने कर संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कल नई दिल्ली में अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए दोनों देशों के बीच इस समझौते और द्विपक्षीय सक्षम अधिकारी समझौते से बहुराष्ट्रीय उद्यमा की मूल कम्पनियों द्वारा अपने कार्य क्षत्र में दायर कर सूचनाओं का स्वतः आदान प्रदान हो जाएगा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

उन्होंने बताया कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया कम्युनिस्ट पार्टी स विजय पाल सिंह और ऑवला से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश पाल गुप्ता ने अपना नामांकन पर्चा भरा

इस बीच पहले चरण के लिए नाम वापस लेने के अंतिम दिन आज कैराना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नाहिद हसन ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है

समाजवादी पार्टी ने आज अपने पांच और प्रत्याशियों की सूची जारो कर दी पार्टी ने मुरादाबाद बरेली झांसी कुशीनगर और उन्नाव सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है नासिर कुरैशी मुरादाबाद से और भगवत शरण गंगवार बरेली से पार्टी के प्रत्याशी होंगे इन दोनों ही सीटो पर तीसरे चरण में मतदान होना है जिसके लिए नामांकन की प्रकिया आज शुरू हो गयी है इसके साथ ही झांसी लोकसभा क्षेत्र से श्याम सुन्दर सिंह यादव कुशीनगर से नथनी प्रसाद कुशवाहा और उन्नाव से श्रीमती पूजा पाल के नामों की घोषणा की गयी है पूजा पाल पूर्व बसपा विधायक स्वर्गीय राजू पाल की पत्नी हैं

जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में जगदीशपुर रेलवे कासिंग के पास आज शाम एक दुकान में ऑक्सीजन सिलेण्डर के फटने से पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है